सभी जिलों में तैयारियां जोरों पर पीएम संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह दस बजे राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे वे नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के संबंध में फैसले की घोषणा कर सकते हैं

श्री मोदी ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी इस दौरान कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने का आग्रह किया था

इसी तरह रायसेन में तीन नए मरीज मिले हैं

प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने मरीजों की पहचान उन्हें अलग करना और उनके परीक्षण और उपचार की रणनीति अपनाई है मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने बताया है कि राज्य में कोरोना की जांच की सुविधाएँ भी लगातार बढ़ाई जा रही है

वहीं अशोकनगर के जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि में अपने स्टाफ को पूरा वेतन देने का आदेश दिया है

जावड़ेकर मीडिया सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें भी कोरोना के संकमण को देखते हुए सभी एहतियाती सावधानियां बरतनी चाहिए श्री जावडेकर ने कहा कि मीडिया के लोग भी डॉक्टर नर्स पुलिस और सेनेटाइज करने वाले कार्यकर्ताओं की तरह अगली पंक्ति के हमारे योद्वा हैं

श्री नकवी ने आज एक बयान जारी कर बताया कि उन्होंने विभिन्न धर्मग्रुओं सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों राज्य वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों से बात करने के बाद उनसे अपील की है कि धार्मिक सामाजिक संगठन और धर्मगुरु यह सुनिश्चित करें कि रमजान के महीने में लोग अपने अपने घरों पर रमजान की धार्मिक जिम्मेदारियों को पुरा करें

सरकार ने इस दौरान मंडियों में कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षा संबंधी उपायों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं इस बार किसानों को मंडियों से बाहर भी सीधे व्यापारियों को समर्थन मूल्य पर अपना अनाज बेचने की सुविधा दी जा रही है अशोकनगर में गेहूं खरीदी के लिए सत्तर केन्द्र बनाये गये हैं कलेक्टर डाक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि खरीदी के दौरान सुरक्षा और सतर्कता दोनों का ही विशेष ध्यान रखा जायेगा

उधर सागर में भी गेहूं खरीदी की तैयारियां पूरी हो गई हैं मनरेगा मास्क प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजना में काम करने वाले श्रमिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिये होम मेड मास्क उपलब्ध कराये जायेंगे ये मास्क मिशन के तहत काम कर रहे महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाये जा रहे हैं

बैसाखी पर्व आज देश भर में रबी की नई फसल कटाई का उत्सव बैसाखी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है इस बार कोरोना संकमण के चलते तमाम सुरक्षा के उपायों के साथ लोग यह पर्व मना रहे हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ साथ प्रदेश के राज्यपाल लालजी टण्डन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नागरिकों को बैसाखी पर्व की शुभकामनायें दी हैं

रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता दो दशमलव सात आंकी गई